केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदेश के कोरोना योद्वाओं की सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से भेजे लाखों चिकित्सा उपकरण

और प्रदेश कांग्रेस ने ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते कोरोना मामलों पर जताई चिंता सरकार से टैस्टिंग बढ़ाने का किया आग्रह

इन तीन सरल उपायों का पालन करते हुए सुरक्षित रहें मास्क लगायें दो गज की सुरक्षित दूरी बनाये रखें तथा बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें जेपी नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड़्डा ने पार्टी के सभी नेताओं व कार्यकर्ताओं से सेवा ही संगठन अभियान से जुड़ने का आहवान किया है नई दिल्ली में आज उन्होंने केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा निजी तौर पर हिमाचल के कोरोना योद्वाओं को भेजे गए चिकित्सा उपकरणों को हरी झण्डी दिखाई इस अवसर पर जेपी नडडा ने इस पुनीत कार्य के लिए अनुराग ठाकुर की सराहना की उन्होंने कहा कि कोरोना काल में अनुराग ठाकुर सहित देश भर में पार्टी कार्यकर्ता सेवा ही संगठन के माध्यम से लोगों की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं नडडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना संकमण से लड़ने में देश का बेहतरीन तरीके से नेतृत्व किया है और देश के लोगों का इसमें भरपूर सहयोग मिल रहा है

इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि जेपी नडडा के नेतृत्व में भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ता महामारी के इस दौर में पूरी निष्ठा से लोगों की सेवा कर रहे हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने चिकित्सा सामग्री भेजने पर अनुराग ठाकुर का आभार जताया है

इस आर्यू वर्ग के लाखों लोगों को सप्ताह में दो बार सोमवार और वीरवार को टीके लगाए जायेंगे

जिन लोगों ने पहले पंजीकरण करवाया है उन्हें पहले कोरोना के टीके लगाए जायेंगे

उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने कहा कि केवल उन्हीं लोगों का टीकाकरण किया जाएगा जिन्होंने इसके लिए पंजीकरण करवाया है

परमार विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने आज कांगड़ा ज़िले के नागरिक अस्पताल थुरल में कोरोना मरीजों का क्शलक्षेम पूछा और उन्हें दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया उन्होंने दिन रात सेवाएं दे रहे स्वास्थ्य कर्मियों की सराहना की और कहा कि सरकार उन्हें हर संभव सुविधाएं प्रदान करेगी

मारकण्डा जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकण्डा ने आज केलंग में कोविड केयर सैंटर का दौरा कर कोरोना मरीजों को दी जा रही सुविधाओं का जायज़ा लिया और मरीज़ों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के अधिकारियों को निर्देश दिए उन्होंने कहा कि जिले में कोविड मरीजों के लिए बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाए और मरीजों को उचित चिकित्सा परामर्श दिया जाए

राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि इनमें सरकारी व निजी क्षेत्र के अस्पताल शामिल है प्रवक्ता ने कहा कि इन अस्पतालों में मरीजों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर जीवन रक्षक दवाईयां और अन्य सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही हैं

सुरेश कश्यप प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और इस समय सात ऑक्सीजन प्लांट कार्य कर रहे हैं जबकि सात अन्यों को मंजूरी दी गई है उन्होंने कुल्लू भाजपा मंडल द्वारा एक बैठक को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार की ओर से कोरोना मरीजों को कोरोना किट उपलब्ध करवाई जाएगी जिसमें मास्क सेनेटाइज़र काढ़ा दवाईयां और अन्य जरूरी सामान उपलब्ध होगा सुक्ख प्रदेश कांग्रेस नेता व पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कोविड टीकाकरण में तेजी लाने के लिए ग्लोबल टेंडर करने की राज्य सरकार से मांग की है

सुक्खू ने कोविड अस्पतालों में रात के समय हो रही अधिक मरीजों की मौत की जांच कराने की मांग भी की है

रोहडू में एसडीएम बीआर शर्मा और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने बताया कि राधास्वामी सत्संग भवन क्वार में कोविड सैंटर तैयार किया जा रहा है रोहित ठाक्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रोहित ठाकुर ने राज्य सरकार से कोरोना महामारी पर अंकुश लगाने के लिए युद्ध स्तर पर कोविड टीकाकरण अभियान चलाने का आग्रह किया है रोहित ठाकुर ने कोरोना संक्रमित मृतकों के दाह संस्कार में जुटे स्थानीय व शहरी निकायों के कर्मचारियों को फ़ंटलाईन कोरोना योद्वा घोषित करने की भी सरकार से मांग की है त्रिलोक कपूर प्रदेश भाजपा महासचिव व कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के प्रभारी त्रिलोक कपूर ने कहा है कि भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कोरोना प्रभावित लोगों की मदद के लिए काम करेंगे और इसके लिए युवा सेवा समिति बनाई गई है प्रदेश भाजयुमो अध्यक्ष अमित ठाकुर और मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ एक वर्चुअल बैठक में त्रिलोक कपूर ने कहा कि आने वाले दिनों में युवा सेवा समिति कोरोना मरीजों को फूड पैकेट दवाईयां और मास्क पहुंचाने के अलावा अन्य कार्यों में हिस्सा लेंगे कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस ने ग्रामीण इलाकों में कोरोना संकमण के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है कांग्रेस प्रशिक्षण विभाग के प्रभारी हरिकृष्ण हिमराल ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ एक वच्अल बैठक में सभी से मुश्किल घड़ी में मानवता की सेवा में आगे आने का आहवान किया उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में कोरोना महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार की ज़रूरत है हिमराल ने सरकार से कोरोना संक्रमित लोगों की मृत्यु होने पर उनके अंतिम संस्कार के लिए लिए निशुल्क लकड़ी उपलब्ध करवाने की मांग की है आदर्श टीका केन्द्र कोरोना महामारी के इस मुश्किल दौर में अनेक सामाजिक व आध्यात्मिक संस्थाओं ने पीड़ित मानवता की सेवा में अपने कदम बढ़ाए हैं राधास्वामी सत्संग ब्यास के सोलन स्थित भवन में इन दिनों कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है खास बात यह है कि यहां पर संस्था की ओर से डॉक्टरों और नर्सों के अलावा अन्य सेवादार निस्वार्थ भाव से दिन रात सेवाएं दे रहे हैं कोविड वैक्सीन का प्रबंध सरकार द्वारा किया गया है लेकिन दवाईयों सहित अन्य सभी सुविधाएं राधास्वामी सत्संग ब्यास की ओर से उपलब्ध करवाई गई हैं